आज विश्व शौचालय दिवस पर हरियाणा के रेवाड़ी और भिवानी जिलों को ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रस्कृत किया गया

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले छ वर्षो में प्रदेश में समान विकास हुआ है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सूचना के य्ग में भारत विश्वभर में ऊचाईयों को छूने की की अनूठी स्थिति में है आज बैगल्रू प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उदघाटन करते हये उन्होंने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि भारतमें तैयार की गई प्रौद्योगिकी को विश्व में पहंचाया जाये उन्होंने कहा कि भारत के पास सर्वश्रेष्ठ दिमाग और सबसे बड़ा बाजार हैऔर भारतीय प्रौद्योगिकी वैश्विक स्तर पर जाने की क्षमता रखती है प्रधानमंत्री ने भारतीय उत्पादों के वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के क्छ उदाहरणों का जिक्र किया यूपीआई प्लैटफार्म की जानकारी देते ह्ये उन्होंने कहा कि इससे कोई भी डिजीटल भ्गतान कर सकता है और पिछले महीनें इस पलैटफार्म के माध्यम से दो अरब रूपये वित्तीय लेन देन हुआ ऐसा ही एक प्लैटफार्म राष्ट्रीय डिजीटल स्वास्थ्य मिश्न के लिए तैयार किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रमिक विवाद समाज करने और लोगों को सशक्त करने की दिशा में स्वामित्व योजना एक ऐसी ही पहल है जिसके जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का मालिकाना हक प्रदान किया जाता है सरकारी कार्यक्रमों मैं तेज़ी लाने और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने मे प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का उल्लेख करते हये उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्त तक पहुंचाने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि चाहे विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यकम आय्ष्मान भारत हो या गरीबों तक बिजली पहुंचाना और उन्हे आवास दिलाना हो इन योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए तकनीकी समाधान निकालना उनकी सरकार की नीति है आज विश्व शौचालय दिवस मनाया गया यह दिवस स्वच्छत के प्रति जागरूकता करने और लोगों को शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मनाया जाता है उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायड् ने इस अवसर पर एक संदेश में कहा है कि स्वच्छता में कमी बीमारियां फैलाने का जोखिम बढ़ाती है उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोगों और स्वस्थ राष्ट्र के लिए साफ सफाई और स्वच्छता प्राथ्मिकता होनी चाहिए उन्होंने लोगों से अपील की भारत को ख्ले में शौच की ब्राई से मुक्त करने के लिए अपनी वचनबद्वता सुदृढ़ करनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत ने सबके लिए शौचालय के अपने संकल्प को सुदृढ़ किया है श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि देश ने पिछले क्छ वर्षो में करोड़ो भारतीय को साफ शौचालय मुंहैया करवाकर एक बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के तहत रेवाड़ी जिला को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्कृत किया गया है प्रदेश में रेवाड़ी व भिवानी दो जिलों को इस प्रस्कार के लिए चयन किया गया है रेवाड़ी जिला को लगातार तीसरी बार यह प्रस्कार दिया गया है जिला उपाय्क्त यशेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रस्कार क लिए जिला के ग्रामीण व पंचायत प्रतिनिधि बधाई के पात्र है उन्होंने विश्व शौचालय दिवस की बधाई देते हये कहा कि जिला के सभी गांवों में शौचालय बना दिये गये है इस अवसर पर भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने भी केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से यह पुरस्कार प्राप्त किया हरियाणा के गुंह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि एनिमिया म्क्त भारत अभियान में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है इसी प्रकार सरकारी अस्पतालों में डेंग् के रोगियों के लिये निश्ल्क सिंगल डोनर प्लेटलेटस की नई पहल श्रू करने वाला हरियाणा उत्तर भारत का पहला राज्य है श्री विज ने बताया कि हरियाणा सरकार स्वास्थ्य स्विधाओं की ओर विशेष तौर पर ध्यान दे रही है

इसमें डॉक्टर रोगी को लैब टैस्ट या दवाईयों की पर्ची भी ऑनलाईन उपलब्ध करवायेगा जो चिकित्सा के लिये हरियाणा की सभी अन्य स्वास्थ्य स्विधाओं के लिये मान्य होगी

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले छ साल के कार्यकाल में प्रेदश में समान विकास हुआ है उनके लिए हरियाणा एक हरियाणवी एक है भारतीय जनता पार्टी विकास के मामले क्षेत्र वर्ग जाति का भेदभाव नहीं करती बल्कि समस्त् प्रदेश की जनता उनकी अपनी है और प्रदेश में समान विकास हो सके इसके लिए वो निरंतर प्रयासरत है मुख्यमंत्री ने आज करनाल में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का शिलान्यास किया और कार्यकर्ताओं को बधाई दी उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के लिए उसका कार्यालय एक मंदिर के समान होता है कार्यकर्ता अपने अधिकार से कार्यालय में बैठकर कार्य कर सकता है म्ख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालय से पार्टी को सुदृढ़ीकरण होता है उन्होंने कहा कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पांच क की जरूरत होती है जिसमें कार्य प्रद्वति कार्यक्रम कोष कार्यकर्ता और कार्यालय का होना शामिल है हरियाणा के उपम्ख्यमंत्री श्री द्ष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बार राज्य सरकार द्वारा किसानों की खरीफ फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सम्चित तरीके से की गई और द्रसरे राज्यों से अवैध ढंग से लाकर बेची जाने वाले धान की फसल पर रोक लगाई गई है

उप म्ख्यमंत्री जिनके पास खाद्यनागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है ने आज चंडीगढ़ में पत्रकारवार्ता में बताया कि इस बार उनके विभाग ने किसानों की धान की खरीद बहत ही अच्छे तरीके से की है